इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना गांवों में अनेकों विवादों को खत्म करने का बड़ा माध्यम बनेगी और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरूआत इस वर्ष अप्रैल में की गई थी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रिकवरी दर में लगातार हो रहे सुधार के चलते पिछले कई दिनों से राज्य में दो हजार से मरीज रोजाना ठीक हो रहे हैं

जिला प्रशासन ने मंदिर कमेटी के साथ चर्चा कर यह फैसला लिया है

इसके बाद मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा

इस पर करीब सवा तीन करोड़ रूपए खर्च होंगे जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि इसके साथ ही प्रमुख चौराहों पर जेब्रा कॉसिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी ताकि पैदल चलने वाले लोगों को राहत मिल सके उन्होंने बताया कि स्वचालित सिस्टम में ट्रैफिक लाइट उस चौराहे की यातायात स्थिति को देखते हुए अपने आप समय नियंत्रित कर सकेगी

ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए जयप्रकाश नारायण ने बहादूरी से संघर्ष किया